इस दौरान श्री नाथ ने राज्यपाल को भाजपा के बारे में लिखित शिकायत की

वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राज्यसभा उम्मीद्वार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया

आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपनी जलवायु की वजह से कोरोना वायरस के असर की दृष्टि से बेहतर स्थिति में है प्रश्नकाल के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिनॉय विश्वम ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए गरीब लोगों को मुफ्त मास्क उपलब्ध कराने की मांग की थी

इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद थे बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है

आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के नलखेड़ा में कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरुकता रैली निकाली गई सतना और देवास जिले में भी प्रशासन अलर्ट है उधर मंदसौर में भी इस बीमारी से बचाव के लिए तमाम प्रयास किये जा रहे हैं

इसका लक्ष्य जीवनशैली में बदलाव लाकर कुपोषण में चरणबद्ध ढंग से कमी लाना है प्रदेश में भी पोषण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन किया गया तथा बच्चों के उचित पोषण और उचित देखभाल करने वाली माताओं को सम्मानित किया गया यहां ऊपरी आहार पोषण जागरुकता खाद्य विविधता के बारे में जानकारी दी गई